इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से उपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवायें सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें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 केंद्र सरकार ने राज्यों में कोविड संक्रमण रोकने के लिए जांच का दायरा बढाने और कंटेनमेंट जोन तथा माइक्रो कंटेनमेंट जोन स्थापित करने के लिए कहा है

मंत्रिमंडल सचिव राजीव गौबा ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों पुलिस महानिदेशकों तथा स्वास्थ्य सचिवों के साथ एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की बैठक में बताया गया कि टीयर टू और टीयर थ्री शहरों के साथ साथ अर्ध शहरी क्षेत्रों में हाल ही में कोविड मरीजों की संख्या में वृद्वि दर्ज की गई है इस संक्रमण के ग्रामीण क्षेत्रों में फैलने से स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे सहित स्थानीय प्रशासन पर भी भारी दबाव पड़ेगा राज्यों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि वे कोविड नमूनों की जांच तेज करें ताकि संक्रमण की पॉजिटिविटी दर पांच प्रतिशत या उससे नीचे ही बनी रहे राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या एक बार फिर तेजी से बढ़ रही है पिछले चौबीस घंटे में प्रदेश में आठ सौ तिहत्तर नए संक्रमित मिले हैं इनमें सर्वाधिक चार सौ बहत्तर रांची के हैं पिछले सात महीने के बाद एक दिन में मरीजों के मिलने का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है एक सौ इकसठ मरीज कल स्वस्थ भी हुए हैं पिछले चौबीस घंटे में सात मरीजों की मौत भी हुई है

यह आंकडा कुल संक्रमित मामलों का मात्र पांच दशमलव तीन दो प्रतिशत है

रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कोविड महामारी के दौर में पूरी निष्ठा और मेहनत से काम करने तथा कार्य करने के नये कीर्तिमान बनाने के लिए रेलकर्मी परिवार के प्रति आभार व्यक्त किया है सभी रेलकर्मियों को संबोधित एक पत्र में श्री गोयल ने कहा है कि उनके धैर्य और दृढ़ संकल्प से अभूतपूर्व संकट से उबरने में सफल हुए हैं रेल मंत्री ने महामारी के दौरान रेल परिवार को हुए नुकसान का जिक्र करते हुए कहा कि इसे कभी नहीं भुलाया जा सकेगा

यह नीति स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर देखी जा सकती है विभिन्न पक्षकार पिछले कुछ समय से असाध्य रोगों के प्रबंधन और बचाव के लिए एक व्यापक नीति की मांग कर रहे थे विभिन्न पक्षकारों और विशेषज्ञों के साथ कई सलाह मशविरों के बाद इस नीति को अंतिम रूप दिया गया है इस नीति का उद्देश्य असाध्य रोगों के इलाज की लागत कम करना और इन पर राष्ट्रीय शोध को बढावा देना है इससे संबंधित दवाइयों का उत्पादन स्थानीय स्तर पर किया जा सकेगा और इलाज में कम लागत आएगी इस नीति में एक राष्ट्रीय रजिस्टर बनाने का भी प्रावधान किया गया है जिसमें संबंधित आंकडे तैयार हो सकेंगे

उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले छह वर्षो में दो अरब सामान्य बल्बों को एलईडी बल्बों में बदला है श्री जावड़ेकर ने कहा कि इस पहल से न केवल कार्बन उत्सर्जन को रोकने में मदद मिलेगी बल्कि इससे ऊर्जा की भी बचत होगी

जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने बताया कि चूनाव मैदान में भाजपा के गंगा नारायण सिंह और झामुमो के हफिजुल हसन के अलावा चार निर्दलीय प्रत्याशी अशोक कुमार ठाकुर उत्तम कुमार यादव किशन बथवाल और राजेन्द्र कुमार है इससे पूर्व उन्होंने चुनावी तैयारियों को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक भी की उपायुक्त ने कहा कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए सारी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं अतिसंवेदनशील और संवेदनशील बूथों पर केन्द्रीय सुरक्षाबल की प्रतिनियुक्ति की जा रही है सरकार ने वस्तु और सेवाकर जीएसटी स्कीम के तहत तिमाही रिटर्न भरने वालों के लिए कर भुगतान को अधिक आसान बना दिया है अब करदाता प्रत्येक तिमाही के अंतिम महीने में वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही संबंधी एनवायस की घोषणा भी कर सकेंगे

जामताड़ा के पूर्व विधायक विष्णु प्रसाद भईया की कल रात रांची के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई विष्णु भईया किडनी रोग से ग्रसित थे पूर्व में सोलह मार्च को तबीयत बिगड़ने पर उन्हें रिम्स के किटिकल केयर यूनिट में भर्ती कराया गया था केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने अगले शैक्षणिक सत्र के लिए नौवीं से बारहवीं कक्षा तक के छात्रों के पाठ्यक्रम में कोई कटौती नहीं करने का फैसला किया है बोर्ड ने नया पाठ्यक्रम जारी किया है जिसमें पिछले शैक्षणिक सत्र में हटाये गये अध्यायों और विषयों को अगामी शैक्षणिक सत्र में बहाल कर दिया गया है

पिछले वर्ष सीबीएसई ने अपने पाठ्यक्रम को युक्तिसंगत बनाते हुए पिछले वर्ष नौवीं से बारहवीं कक्षा तक के पाठ्यक्रम में तीस प्रतिशत कटौती कर दी थी जिन छात्रों के पाठ्यक्रम में कटौती की गई वे इस साल मई जून में परीक्षा देंगे ईस्टर का पर्व आज विश्वनभर में मनाया जा रहा है गुड फ्राइडे को ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ाये जाने के बाद ईस्टर संडे का पर्व उनके पुनर्जीवित होने की खुशी में मनाया जाता है इधर राजधानी रांची सहित राज्य के विभिन्न जिलों में मसीही समुदाय आज समारोही पास्का मिस्सा चढ़ाकर यश् मसीह के पुनर्जीवित होने की घटना को तरोताजा कर दूसरो के साथ इसकी खुशियां बांटेंगे

राज्य से प्रकाशित लगभग सभी प्रमुख अखबारों ने प्रदेश में लगातार बढ़ रही कोरोना संक्रमितों की संख्या की खबर को प्रमुखता से पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है प्रभात खबर की सुर्खी है राजधानी में डरा रहा संकमण का फैलाव फिर भी लोग लापरवाह

वहीं हिन्दुस्तान ने लिखा है रांची में कोरोना का विस्फोट स्कूलों तक फैला संकमण

दैनिक भास्कर के पहले पन्ने की सुर्खी है झारखंड में बेकाबू हुआ कोरोना प्रदेश में आठ सौ तिहत्तर नए केस पचास प्रतिशत रांची में रिम्स में बेड खत्म सदर अस्पताल में बेड तो हैं लेकिन डॉक्टर और नर्स नहीं दैनिक जागरण ने झारखंड को तीन हजार पांच सौ पचास करोड़ की इक्कीस सड़क परियोजनाओं की सौगात की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से लिया है लिखा है अगले तीन वर्षों में सड़क निर्माण पर खर्च होंगे एक लाख करोड़ दैनिक रांची एक्सप्रेस ने अच्छी सड़कों से आर्थिक विकास के खुलेंगे नए द्वार हेडलाइन को अपने पहले पन्ने की सुर्खी बनायी है द टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है पिछले छह महीने में एक दिन में देश में कोरोना के सबसे अधिक संक्रमित मिले हिन्दुस्तान टाइम्स ने भी कोरोना की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है